नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा इससे आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को गति मिलेगी करगिल विजय दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र वीर जवानों को नमन कर रहा है प्रदेश में सियासी संकट पर गतिरोध बरकरार पक्ष विपक्ष की बयानबाजी तेज

प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना

कोरोना संकट अभी टला नहीं है हम सभी को बहत सतर्क रहने की जरूरत है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय को नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की उन्होनें करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्वांजलि दी प्रधानमंत्री ने वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया श्री मोदी ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया ये युवा सामान्य नौकरी करते थे एक दिन उन्होंने तय किया कि र्व मोती की खेती करेंगे उन्होंने इस बारे में प्रशिक्षण लिया और आवश्यक जानकारी जुटाई उन्होने कहा कि इससे आत्मनिर्भरता की प्रकिया को गति मिलेगी प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में क्छ प्रतिभावान बच्चों से बातचीत की उन्होंने इन बच्चों की रूचियों और सपनों के बारे में जाना प्रधानमंत्री ने रक्षा बंधन पर्व के लिये भी देशवासियों को श्भकामनायें दी उन्होने कहा कि सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है हम सभी को हैंडलुम वस्त्रों को अपनाना चाहिये जिससे हमारे कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले

संपूर्ण राष्ट्र इस अवसर पर करगिल युद्ध वीरों को सलाम कर रहा है

इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घ्रसपैठियों से मुक्त कराया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर शहीदों को नमन किया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखो ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंच कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करगिल युद्ध के बहादुर सैनिकों को याद करते हुये कहा कि संपूर्ण राष्ट्र इन सैनिकों के साहस और बलिदान का ऋणी है करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में पदयात्रा वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी जारी है आज जयपुर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्होने देशवासियों से स्पीक अप फॉर डेमोकेसी अभियान से जुडने की बात कही

वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस समूचे घटनाकम के लिये कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है

इस बीच मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र यादव ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी द्वारा सोमवार को किये जा रहे प्रदर्शन की जानकारी दी उन्होने राजभवन की सुरक्षा के लिये की गई पुख्ता व्यवस्था के बारे में भी राज्यपाल को बताया

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के मरीजों के समुचित इलाज और देखरेख सुनिश्चित करने के लिये संभाग और जिलेवार समितियां गठित करेगा

ये समितियां कोविड संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरन्त आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी

जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में कोरोना प्रकोप को देखते हये सात दिन के लिये और सांचौर में पांच दिन के लिये लॉकडाउन किया गया है

बीकानेर जिले के गुसाईसर और नापासर रोड़ पर एक हजार हैक्टेयर भूमि पर टिड्डी नियंत्रण कार्य आज पहली बार हैलीकॉप्टर से किया गया वायुसेना के इस हैलीकॉप्टर ने जोधपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर और चुरू जिले में टिडडियों का प्रकोप अधिक है यहॉ हैलीकॉप्टर के प्रयोग से कम समय और कम लागत में टिड्डी नियंत्रण किया जा रहा है

जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में दो कॉन्स्टेबलों को लाईन हाजिर किया है गौरतलब है कि पुलिस युवक को किसी मामले में पूछताछ के लिये थाने लाई थी जहॉ उसकी मृत्यु हो गई

सवाई माधोप्र अजमेर के जवासा दौसा के नांगल राजावतान चित्तौड़गढ करौली के सपोटरा से मध्यम दर्जे की बारिश के समाचार हैं वहीं उदयपुर के डबोक पाली के एरनपुरा रोड सुमेरपुर जालौर के जसवन्तपुरा बाडमेर के चौहटन सीकर के रामगढ शेखावाटी और झन्झन के चिडावा में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई

उदयपुर में आज दिनभर बादल छाये रहे देवास स्वरूपसागर मदार और डबोक में बुंदाबांदी हई मानसुन की अच्छी बारिश से राज्य की नदियों और बांधो में पानी की आवक शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है उधर जालौर और झालावाड़ में लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान रहे मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज जयपुर अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है अगले दो से तीन दिन बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश में कमी रहने के आसार हैं

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें